सुचना प्रौद्योगिकी और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में अपने फैसले में तीन तलाक को गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया था उन्होंने कहा कि लोक सभा ने तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं हो सका उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे पारित कराने में विपक्ष को साथ लेने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने इसमें सहयोग नहीं किया तीन तलाक का मुद्दा न प्रजा का है न प्रार्थना का है न धर्म का है न इबादत का है ये मुद्दा है नारी न्याय नारी गरिमा नारी सम्मान ये अध्यादेश देश हित में लाया गया है ये अध्यादेश देश की नारी के इसाफ के लिए लाया गया है मैं अपील करूगा कि वोट बैंक की चार दीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ के लिए समर्थन हो इस अध्यादेश के प्रारूप में वही प्रावधान हैं जो मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक में किये गये हैं राज्य सभा में विपक्ष ने मांग की थी कि क्षियक को जांच के लिए प्रवर समिति को नेजा जाना चाहिए श्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश में बांधों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए सहायता राशि भी मंजूर की है

बाकी राज्य और केन्द्र मिलकर करेंगे और इसमें रिहैबिलिटेशन इन्ट्यूशनल स्टेथरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सारी बातें आएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चार विषयों पर सहमति प्रदान की गई मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्वांत को मंजूरी दी जिसके अन्तर्गत योजना व्यय से निर्माण होने वाली परिसम्पत्तियों को पूर्न परिभाषित किया गया जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से ग्यारह क्षेत्र आच्छादित होंगे इसके तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों महाविद्यालयों राजकीय पालिटेक्निक विद्यालयों तथा राजकीय आईटीआई के भवनों का निर्माण स्वास्थ्य भवनों का निर्माण एवं विस्तार लघु सिंचाई वनीकरण जल निकासी कार्यक्रम विद्युतीकरण एवं उसका विस्तार शहरों में प्रकाश व्यवस्था सड़कों का निर्माण तथा चौड़ीकरण सेत् का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में नये सड़कों का निर्माण एवं प्नः निर्माण न्यायालयों में चैम्बरों का निर्माण तथा अन्य पंजीगत कार्य जिन्हें मुख्यमंत्री द्वारा चयनित किया जायेगा मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष दो हजार अटठारह उन्नीस के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति के निर्धारण को मंजूरी दी धान का समर्थन मूल्य सत्रह सौ पचास रूपये तथा ग्रेड ए धान का समर्थन मुल्य सत्रह सौ सत्तर रूपये प्रति कृत्तल निर्धारित किया गया है धान क्रय का लक्ष्य इस वर्ष पचास लाख मीट्रिक टन रखा गया है मंत्रिमंडल ने अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में स्वच्छता से संबंधित बड़ी कार्य योजना को मंजूरी दी जिसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने और कूड़े के प्रबंधन की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में आकांक्षात्मक जिलों के रूप में चिन्हित आठ जिलों के प्रभारी मंत्रियों और नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों के विकास के लिये तेज गति के साथ प्रभावी ढंग से कार्य किये जाएं मृख्यमंत्री कल लखनऊ के शास्त्री भवन में इन जिलों के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन जिलों के रूपांतरण के लिये सभी निर्धारित मापदण्डों के तहत प्रभावी कार्यवाही तीव्र गति से की जाए जिससे कि इनमें सकारात्मक बदलाव दिखायी पड़े आकांक्वात्मक जनपदों के रूप में चिन्हित जिले हैं बहराइच बलरामपुर चन्दौली चित्रकूट फतेहपुर श्रावस्ती सिद्वार्थनगर तथा सोनभद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे परियोजना अमृत योजना तथा स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य की गति को बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश जल निगम के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव नगर विकास को नमामि गंगे परियोजना के कार्यो की साप्ताहिक तथा प्रबंध निदेशक जल निगम को दैनिक समीक्षा करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ के शास्त्री भवन में इन तीनों परियोजनाओं के कार्यो की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में गति लाने के लिये टेण्डर आदि के सम्बन्ध में सरलीकृत और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनायी जाए